इस दिशा में कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं इनमें बस सेवाओं का सुद्रढीकरण और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ साथ निगम के कर्मचारियों की सुविधा के लिए व्यापक कदम भी शामिल है गोविंद सिंह ठाकुर आज कुल्लू में एचआरटीसी वर्कशॉप के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारी एचआरटीसी की रीढ़ है गोविंद ठाक्र ने वर्कशॉप परिसर में चल रहे निर्माण कार्यो की समीक्षा भी की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जनसमर्थन के लिए जनता का आभार जताया है सुन्दरनगर उपमण्डल के प्रसिद्ध मुरारी माता मेले के समापन अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की जनहितैषी नीतियों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की विकास नीतियों को जनता ने दिल से स्वीकार किया है उन्होंने ये भी कहा कि मेले हमारी समृद्व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे ले जाने का कारगर साधन है इनसे भाईचारे और आपसदारी की भावना को बल मिलता है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने इस मौके पर मुरारी माता मंदिर के लिए बनी कच्ची सड़क को पक्का करने और इस क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने का भी आश्वासन दिया ईट बिलासपुर में प्रस्तावित शहीद स्मारक के लिए चलाए जा रहे एक ईंट शहीद के नाम अभियान के तहत योग गुरू बाबा रामदेव और पीजीआई चण्डीगढ़ के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने भी अभियान में एक एक ईंट भेंट की बाबा रामदेव और डॉक्टर जगत राम ने ये ईंट पीजीआई चण्डीगढ़ में आयोजित एक समारोह में अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजीव राणा को भेंट की बाबा रामदेव ने इस मौके पर कहा कि वह अपने शिष्यों के माध्यम से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर जगत राम ने कहा कि देशभक्ति और वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये अभियान कारगर भूमिका निभा रहा है रोहतांग कल्लू मनाली आने वाले पर्यटक पहली जून से रोहतांग घूमने जा सकेंगे कल्लू के उपायुक्त युनूस ने कहा कि रोहतांग दर्रे के लिए सड़क की हालत में सुधार तथा सड़क किनारे जमी बर्फ हटाने से प्रशासन ने पहली जून से पर्यटकों को रोहतांग घूमने की अनुमति देने का निर्णय लिया है अभी तक पर्यटकों को मढ़ी तक ही जाने की ईजाज़त थी

इसके लिए पर्यटकों सहित अन्य लोगों को ऑनलाईन परमिट लेना अनिवार्य होगा

डी सी शिमला शिमला शहर में पर्यटन सीज़न के दौरान याताया व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना का पालन सुनिश्चित बनाने को कहा

उपायुक्त ने पुलिस को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी बसें केवल अधिसूचित स्थानों पर ही रूकें राजेश्वर गोयल ने शिमला के पुराने बस अड्डे से लम्बी दूरी की बसों के नियमन को लेकर शीघ्र ही निर्णय लेने की बात कही सड़क भरमौर चम्बा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत के विरोध में आज माई का बाग मोहल्ला के लोगों ने इस सड़क पर लगभग एक घंटे तक चक्का जाम किया लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन और एनएच प्रबंधन सड़क की हालत को तुरंत ठीक करे स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के कारण उन्हें भारी दिक्कतें हो रही है और सड़क की धूल उनके घरों को खराब कर रही है तथा बच्चों व अन्य लोगों में बीमारियां भी फैल रही है

शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा दो कक्षाओं की कम्पार्टमेंट श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषयों के परीक्षार्थियों की अनुपूरक राज्यमुक्त विद्यालय की आठवीं दसवीं व जमा दो और मैट्रिक व जमा दो की कक्षाओं की विशेष परीक्षा के एडमिट कार्ड बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड कर दिए हैं बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने परीक्षार्थियों से ये कार्ड डाउनलोड करने का आग्रह किया है ताकि वे परीक्षा में बैठ सके